कल नई दिल्ली में राज्यपालों के सम्मेलन को सम्बोधित करते हुए उन्होंने कहा कि सम्मेलन में जल जीवन मिशन पर चर्चा से सरकार द्वारा जल संरक्षण और जल प्रबंधन तकनीकों को दी गई प्राथमिकता जाहिर हुई है प्रधानमंत्री ने जनजातीय क्षेत्रों में विकास का जिक्र करते हुए खेल और युवा विकास के क्षेत्र में प्रौद्योगिकी के उचित उपयोग और प्रगतिशील योजनाओं को अपनाने के लिए कहा मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर अपने ऊना प्रवास के दूसरे दिन आज हरोली विधानसभा क्षेत्र के कर्मप्र से मुख्यमंत्री खेत संरक्षण योजना का श्भारंभ करेंगे

इसके अलावा मुख्यमंत्री राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला बहडाला में नवनिर्मित विज्ञान प्रयोगशाला सहित विभिन्न विकास परियोजनाओं के उद्घाटन व शिलान्यास करेंगे उनका कांगड़ गांव में जनसभा को संबोधित करने का भी कार्यक्रम है

इसी कड़ी में भाषा व संस्कृति विभाग द्वारा अभियान के तहत कल शिमला के गेयटी थिएटर के ओपन एयर थिएटर में नशा निवारण से सम्बंधित राज्यस्तरीय न्क्कड़ नाटक का मंचन किया गया इस नाटक में कलाकारों ने नशे के द्वष्प्रभाव और इससे बिगड़ती परिवारिक स्थिति व सेहत पर पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभाव के बारे में जागरूक किया विभाग के निदेशक त्रिलोक सूर्यवंशी ने बताया कि यह अभियान पूरे प्रदेश में चलाया जा रहा है मौसम प्रदेश के अधिकांश भागों में आज मौसम आमतौर पर साफ बना हुआ है जबकि जनजातीय इलाकों में बर्फबारी के बाद कड़ाके की ठंड पड़ रही है और कुछ क्षेत्रों में न्यूनतम तापमान शून्य से नीचे पहुंच गया है तापमान में गिरावट के चलते लाहौल स्पीति जिले में प्राकृतिक जलस्त्रोत नाले और झरने जम गए हैं राजधानी शिमला व आसपास के इलाकों में अच्छी ध्रप निकलने से मौसम सुहावना बना हुआ है मौसम विभाग के अनुसार पश्चिम विक्षोभ के कारण आज व कल पर्वतीय इलाकों में बर्फबारी तथा अन्य क्षेत्रों में बारिश का अनुमान है अब एक नजर अखबारों की सुर्खियों पर आज अधिकांश समाचार पत्रों ने मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के बयान को प्रमुखता दी है दैनिक जागरण का शीर्षक है पंजाबी को देंगे दूसरी राजभाषा का दर्जा ऊना के दो दिवसीय दौरे के पहले दिन मुख्यमंत्री ने दिया भरोसा आपका फैसला के शब्द हैं हिमाचल मंत्रिमण्डल का विस्तार जल्द हाईकमान से हुई है चर्चा पंजाब केसरी की सुर्खी है कांगड़ा में वायरल पत्र मामले की होगी जांच कोटखाई गूड़िया रेप मर्डर मामले पर अमर उजाला का शीर्षक है दृष्कर्म और हत्या में एक से ज्यादा आरोपी होने की आशंका कोर्ट में फारेंसिक विशेषज्ञों के बयान से मामला फिर सुर्खियों में दैनिक सवेरा टाइम्स के मुताबिक गुजरात एफएसएल की रिपोर्ट से कठघरे में सीबीआई एफएसएल विशेषज्ञों ने चंडीगढ़ की अदालत में दिया बयान हिमाचल दस्तक के शब्द हैं एफएसएल के विशेषज्ञों ने खोली सीबीआई की पोल दैनिक भास्कर की सुर्खी है फॉरेंसिक एक्सपर्ट ने कहा शिमला पुलिस ने बिना सब्रतों के इंटेरोगेट किए थे संदिग्ध आरोपी दोस्त संग एटीएम काटता पकड़ा आईटीबीपी का जवान दैनिक जागरण की खबर है अमर उजाला लिखता है एटीएम काटते पकड़ा आईटीबीपी का कांस्टेबल साथी भी गिरफ्तार शीतलहर की चपेट में आया हिमाचल शून्य से नीचे लुढ़का दो जिलों का पारा ठंड से बर्फ में बदल गए नदी नाले दैनिक सवेरा टाइम्स की खबर है हिमाचल दस्तक लिखता है कल से फिर बिगड़ेगा मौसम का मिज़ाज प्रदेश के मध्यम ऊंचाई वाले क्षेत्रों में भी बर्फबारी की संभावना राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय के बयान को आपका फैसला ने शीर्षक दिया है नई शिक्षा नीति सही दिशा में उठाया गया कदम

प्रानी परम्पराओं से छेड़छाड़ न रुकी तो आएगी बड़ी आपदा शीर्षक से आपका फैसला ने लिखा है कुल्लू के रघुनाथ मंदिर में विश्व की सबसे बड़ी देव संसद में पहुंचे सैकड़ों देवी देवता